अब तक दो सौ आठ लोगों की हो चुकी है मौत

अगले बहत्तर घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट

कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के दौरे पर आयी तीन सदस्यीय केन्द्रीय टीम ने राज्य सरकार से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है टीम के सदस्यों ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने को कहा टीम का नेतृत्व कर रहे स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जांच की संख्या बढ़ाकर ही सकारात्मक परिणाम हासिल किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि फोर टी का फॉर्मुला मुम्बई और दिल्ली में काफी सफल रहा है और बिहार में भी यह सफल होगा टीम ने स्वास्थ्य विभाग को तेजी से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की पहचान करने का निर्देश दिया श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आये लोगों का तत्काल पता लगाना चाहिए और उन्हें बहत्तर घंटे के अंदर क्वारेंटीन किया जाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोन्द्रीय टीम को कोरोना की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गयी केन्द्रीय टीम को बताया गया कि अब राज्य में कोरोना की ऑनडिमांड टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है राज्य में अभी पचपन केन्द्रों पर जांच हो रही है केन्द्रीय टीम ने बाद में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल एनएमसीएच और राजीव नगर बफर जोन का भी दौरा कर स्थिति की समीक्षा की केन्द्रीय टीम आज गया जायेगी और वहां भी स्थिति की समीक्षा करेगी इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल हैं प्रदेश के सभी अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में कल से कोविड उन्नीस की जांच की व्यवस्था शुरू हो जोयगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इन अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गयी है वहीं अगले सात दिनों में राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी कोरोना की जांच शुरू हो जायेगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इन अस्पतालों में कोरोना के लक्षण वाले मरीज तत्काल जाकर निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं श्री सिंह ने बताया कि पटना के अलावा गया शहर में आठ जगहों पर और मुजफ्फरपुर शहर में छह जगहों पर एंटीजन जांच शुरू कर दी गयी है पटना में पांच मोबाईल वैन के माध्यम से भी कोविड उन्नीस की आज से जांच शुरू हो रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार चार सौ बारह नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छब्बीस हजार तीन सौ उनासी हो गई है राज्य में इस महामारी से दो सौ आठ लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सोलह हजार पांच सौ संतानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर घटकर तिरसठ प्रतिशत हो गयी है वहीं राज्य में कोविड से मरने वालों की दर शून्य दशमलव आठ तीन प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है अब तक पटना में सबसे अधिक तीन हजार छह सौ छियानवे मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर में एक हजार छह सौ एक मुजफ्फरपुर में एक हजार एक सौ इक्यावन सीवान में एक हजार एक सौ दो और बेगूसराय में एक हजार छिहत्तर मामले सामने आ चुके हैं उत्पाद और मद्य निषेद्य विभाग के दो आईजी तीन पुलिस उपाधीक्षक चार इंस्पेक्टर और चार दारोगा कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं पीएमसीएच के सोलह कर्मी और उनके परिजन कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी विभिन्न वार्ड में कार्यरत हैं पटना एम्स के अंतिम वर्ष की आठ नर्सिंग छात्राएं भी कोविड उन्नीस संक्रमित पायी गयी हैं झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं कल उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गयी पटना सिटी स्थित गुरू गोविंद सिंह अस्पताल में आज प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस शिविर में कोरोना से ठीक हुये मरीज प्लाज्मा दान करेंगे पटना के आरएमआरआई में आज से कोविड उन्नीस के नमूनों की जांच एक बार फिर शुरू हो जायेगी संस्थान के सात कर्मियों के संक्रमित पाये जाने के बाद पिछले तीन दिनों से यहां जांच बंद थी पीएमसीएच में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक सौ बेड का आईसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है पटना के सिविल सर्जन ने बताया कि इसमें बीस बेड आईसीयू के बनाये गये हैं पीएमसीएच में पूर्व से एक सौ नब्बे बेड का आईसोलेशन वार्ड काम कर रहा है इधर लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए आज से पीएमसीएच और एनएमसीएच में नियंत्रण कक्ष काम करने लगेगा पीएमसीएच के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो तीन शून्य चार एक शून्य चार और एनएमसीएच का शून्य छह एक दो दो छह तीन शून्य एक शून्य चार है कोविड संक्रमण से बचाव के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी हाथों की स्वच्छता और खांसी के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया बाईट जो तरीके हैं जिससे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो हैं सोशल डिस्टेंशिंग रेस्प्रेटरी हाइजीन और या फिर कफ एटीकेट बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है और हैंड हाइजीन अपने हाथों को बहुत फ्रिक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है

केन्द्र सरकार ने बिहार को दो सौ चौंसठ वेंटिलेटर उपलब्ध कराये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी दी इनमें से पच्चीस वेंटिलेटर पटना एम्स में लगाये जायेंगे जबकि शेष अन्य की स्थापना अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में होगी उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी केन्द्र द्वारा एक सौ वेंटिलेटर उपलब्ध कराये गये हैं राज्य सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुये तीस वेंटिलेटर की खरीद की है श्री पांडेय ने बताया कि राज्य के आईसोलेशन केन्द्रों में इलाज करा रहे मरीजों के लिए अब आहार मद में प्रतिदिन एक सौ पचहत्तर रूपये निर्धारित किये गये हैं पहले यह राशि सौ रूपये थी जिन आईसोलेशन केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है वहां मरीजों को बोतल बंद पानी के लिए पचास रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त दिये जायेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में इक्कीस लोगों की मौत हो गयी जबकि सात लोग घायल हुये हैं सबसे अधिक पांच लोग गया जिले में हताहत हुए हैं और इसके बाद सारण में चार लोग मारे गये हैं बाकी बारह मौतें पटना जमुई और दरभंगा समेत छह जिलों में हुई हैं घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है हताहतों में से ज्यादातर खेतों में काम करते समय दुर्घटना का शिकार बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर शोक जताते हुये मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिये हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में कल से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है सुपौल सहरसा मधेपुरा अररिया दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर मधुबनी पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण और वैशाली जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है इस बीच मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार सबसे अधिक प्रभावित होगा इस दौरान वज़पात की भी आशंका जतायी गयी है विभाग ने कहा है कि एक ट्रफ लाईन पटना से होते हुये हिमालयी क्षेत्रों की ओर गुजर रही है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं इधर मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हये आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि भारी बारिश की आशंका को देखते हुये नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है जिसे देखते हुये विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आकाशीय बिजली की चमक के दौरान लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है प्राधिकरण ने कहा है कि बारिश के समय लागों को खुले में या पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से भी बचना चाहिए बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए इस समय लेटना नहीं चाहिए साथ ही इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए प्रदेश की कई नदियों में उफान से आठ जिले सीतामढ़ी शिवहर सुपौल किशनगंज दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज और पूर्वी चम्पारण के कुल इकतीस प्रखंडों की एक सौ तिरपन पंचायतें आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं सहरसा जिले के बनमा ईंटहरी प्रखंड मुख्यालय समेत जमालनगर और रसलपुर के साथ साथ सभी सात पंचायतों में कोसी नदी के पानी प्रवेश कर गया है जलस्तर में वृद्धि से ठडिया सुगमा सड़क बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गयी है शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के दोस्तियां घाट के पास बागमती नदी के जलस्तर में वुद्धि से एक बार फिर कटाव शुरू हो गया है विभाग द्वारा निरोधात्मक कार्य जारी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर चलाये जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डूडू ने बताया कि गोपालगंज में नौ सुपौल में दो पूर्वी चंपारण में नौ और दरभंगा में सात सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है इस तरह कुल सत्ताईस सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है जिनमें प्रतिदिन लगभग इक्कीस हजार लोग भोजन कर रहे हैं प्रदेश में कोसी बागमती गंडक कमला बलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियां अधिकतर स्थान पर खतरे के निशान से ऊपर है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से एक सौ अड़सठ सेंटीमीटर ऊपर है वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के ड्मरियाघाट में लाल निशान से एक सौ नौ सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है बागमती रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से पैंसठ सेंटीमीटर बेनीबाद में तिरसठ सेंटीमीटर और हायाघाट में पैंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला बलान भी झंझारपुर रेल पूल के पास लाल निशान से ऊपर बह रही है अधवारा समूह की नदियां कमतौल में एक सौ नौ सेंटीमीटर एकमी घाट में चौवालीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है महानंदा नदी ढेंगरा घाट और झावा में लाल निशान से काफी ऊपर बह रही है आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने के लिए आज से एक ई अभियान शुरू कर रहा है ग्यारह दिन के इस अभियान में ऐसे लोगों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिनकी दो हजार अठारह उन्नीस की विवरणियों में कमियां रह गयी हैं या जिन्होंने आयकर विवरणियां नहीं भरी हैं भारत नेपाल सीमा से लगे किशनगंज जिले के फतेहपूर थाना क्षेत्र में पिलर संख्या एक सौ बावन के पास नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया घायल य्वक का पूर्णिया में इलाज चल रहा है पूलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि एसएसबी के नेतृत्व में पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपने मवेशियों की तलाश कर रहे थे तभी उन पर फायरिंग की गयी श्री कुमार ने बताया कि नेपाल प्रलिस का कहना है कि पश् तस्करी के संदेह में फायरिंग की गयी है पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थिति अभी शांतिपूर्ण है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 हिन्दुस्तान ने कोविड उन्नीस से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है राज्य के सभी पीएचसी में भी होगी कोरोना की जांच दैनिक भास्कर लिखता है पटना में आज से दो निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज बाकी को जांच के बाद मंजूरी दैनिक जागरण लिखता है फोर्स ने फिर की फायरिंग एक घायल प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अब तक दो सौ आठ लोगों की हो चुकी है मौत

अगले बहत्तर घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट